विधेयक में जम्मू कश्मीर को केन्द्रशासित प्रदेश और लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केन्द्रशासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव

यह अनुच्छेद तीन सौ सत्तर से संबंधित उन्नीस सौ चौवन के आदेश का स्थान लेगा

राज्यसभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक दो हजार उन्नीस को पारित कर दिया है विधेयक के पक्ष में एक सौ पच्चीस और विरोध में इकसठ मत पड़े यह बिल जम्मू और कश्मीर को विधानसभा के साथ केन्द्र शासित प्रदेश जबकि लद्दाख को बिना विधानसभा वाले केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित करने का प्रावधान करता है इससे पूर्व केन्द्र सरकार ने आज जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हटाने की घोषणा की है इस अनुच्छेद के खंड एक को छोड़कर बाकी सभी खंडों को समाप्त कर दिया गया है इसके साथ ही राज्य में लागू धारा पैंतीस ए भी समाप्त हो गयी है इस धारा के तहत जम्मू कश्मीर की सरकार को नागरिकता के प्रावधान तय करने का अधिकार था इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रस्ताव पेश किया ग्रहमंत्री की घोषणा के बाद कांग्रेस वामपंथी दल तृणमूल कांग्रेस समाजवादी पार्टी पीडीपी राजद और अन्य दलों के सदस्यों ने हंगामा किया उत्तेजित सदस्य नारे लगाते हुए सदन के बीचोबीच आ गये सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने सरकार के इस संकल्प का विरोध करते हुये कहा कि एनडीए सरकार संविधान का अनादर कर रही है उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर संविधान की रक्षा करेगी शोर शराबे के बीच ग्रहमंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाये जाने को उचित ठहराया उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है बल्कि राजनेता वहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुये कहा कि धारा तीन सौ सत्तर हटाने के बाद ही कश्मीर समस्या का समाधान होगा और घाटी से आतंकवाद को समाप्त किया जा सकेगा श्री शाह ने कहा कि तीन सौ सत्तर समाप्त हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर में रक्तपात के युग का अंत होगा और नये युग की शुरूआत होगी उन्होंने कहा कि अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन जायेगा श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग लोकतंत्र और विकास चाहते हैं उन्होंने विपक्षी दलों से वोट बैंक की राजनीति नहीं करने की अपील की गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने पूर्व में धारा तीन सौ सत्तर को खत्म करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई

बहुजन समाज पार्टी नेता सतीश चन्द्र मिश्र ने कहा कि उनकी पार्टी अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाने के सरकार के विधेयक का समर्थन करती है बीजू जनता दल के प्रसन्ना आचार्य ने भी इसका समर्थन किया भाजपा के भूपेन्द्र यादव ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना की उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं किया

ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के नेता नवनीत कृष्णन ने प्रस्ताव और विधेयकों का स्वागत किया शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी इसका समर्थन किया दूसरी ओर सरकार के फैसले का विरोध करते हुए एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू ने सदन से वॉकआउट किया उधर लोकसभा में कांग्रेस डीएमके और अन्य दलों ने जम्मू कश्मीर के बारे में सरकार के फैसले पर विरोध प्रकट किया

यह धारा संविधान के इक्कीसवें भाग में अस्थायी तात्कालिक और विशेष प्रावधान के रूप में उल्लेखित है

संविधान सभा ने राज्य में राजशाही समाप्त करने का प्रस्ताव किया

ब्यूरो रिपोर्ट आकाशवाणी समाचार नई दिल्ली राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के लिए लागू संविधान आदेश दो हजार उन्नीस जारी कर दिया है यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह उन्नीस सौ चौवन में लागू संविधान आदेश का स्थान लेगा जिसमें समय समय पर संशोधन किये गये हैं आदेश के तहत अनुच्छेद तीन सौ सड़सठ में कई धाराएं जोड़ी गई हैं अब राज्य की संविधान सभा विधान सभा के नाम से जानी जायेगी जम्मू कश्मीर में राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पर लिये गये फैसले को देखते हुए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किये जायें इधर बिहार सरकार ने गृह मंत्रालय के निर्देश पर प्रदेश के सभी थानों को अलर्ट कर दिया है भाजपा ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाने के सरकार के फैसले की सराहना की है पार्टी महासचिव राम माधव ने कहा कि इस फैसले से कश्मीर के भारत में विलय के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित हजारों शहीदों का सम्मान किया गया है पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देते हुए कहा है कि इससे जम्मू कश्मीर की प्रगति और विकास का रास्ता ख़ुल जायेगा जनता दल यूनाईटेड ने संविधान की धारा तीन सौ सत्तर हटाये जाने के केन्द्र सरकार के फैसले का विरोध किया है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के सी त्यागी ने कहा कि पार्टी का इस मुद्दे पर शुरू से ही स्पष्ट रूख रहा है कि वह अनुच्छेद तीन सौ सत्तर समाप्त करने के खिलाफ है राष्ट्रीय जनता दल ने जम्मू कश्मीर से धारा तीन सौ सत्तर हटाने की केन्द्र सरकार के फैसले की आलोचना की है पार्टी प्रवक्ता आलोक मेहता ने कहा है कि यह फैसला देशहित में नहीं है और इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है सावन की तीसरी सोमवारी और नागपंचमी के अवसर पर सुबह से ही शिवालयों और मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर सोनपुर के हरिहरनाथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ दरभंगा के क़्शेश्वर स्थान मध़बनी के कपिलेश्वर स्थान रोहतास के गुप्ताधाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया जा रहा है श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किये गए हैं कला और संस्कृति विभाग की ओर से सासाराम में आयोजित सुब्रतो मुखर्जी विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में श्री शंकर इंटर स्तरीय विद्यालय तकिया ने उच्च माध्यमिक विद्यालय नासरीगंज को छह के मुकाबले दो गोल से पराजित कर दिया

विधेयक में जम्मू कश्मीर को केन्द्रशासित प्रदेश और लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केन्द्रशासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव

यह अनुच्छेद तीन सौ सत्तर से संबंधित उन्नीस सौ चौवन के आदेश का स्थान लेगा